हनुमान जयंती आज सालासर बालाजी का मेला विशेष आरती के साथ होगा सम्पन्न प्रदेशभर में गुड फ़ाईडे पर आज गिरिजाघरों में हो रही है विशेष प्रार्थना सभाएं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है

चुनाव आयोग ने कल एक नया मोबाईल एप्लिकेशन लॉच किया है इसके जरिये देशभर में मतदाता उपरिथति की वास्तविक समय में जानकारी हासिल की जा सकती है चुनाव उपायुक्त संदीप सक्सैना ने बताया कि वोटर टर्न आउट एप का बीटा संस्करण एंड्रोयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है देशभर में चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान यह राज्य और संसदीय क्षेत्रवार मतदाता उपस्थिति को दिखाता है उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र स्तर पर डेटा को एक अन्य एप के जरिये लगातार अपडेट किया जायेगा ताकि यह एप वास्तविक समय में जानकारी दे सके उन्होंने बताया कि यह एप जनता में मतदाता उपस्थिति को लेकर पारदर्शिता बढायेगा जबकि मीडिया के लिये इसे आसानी से उपलब्ध कराया जायेगा निर्वाचन आयोग आज उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर पाबंदी जारी रखने के बारे में रिपोर्ट सौंपेगा निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि आयोग पूरे देश में इस फिल्म की रिलीज पर पाबन्दी को लेकर अपने विचार सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपेगा निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह फिल्म देखी न्यायालय निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगा और सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा ड्रंगरपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिये कई नवाचार किये जा रहे हैं

प्रतापगढ में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ इसमें ईवीएम वीवीपैट और मॉकपोल के बारे में जानकारी दी गई ब्रंदी में चुनाव कार्य में लगे मतदान कार्मिको को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान कराने का कम जारी हैं इसके लिये प्रशिक्षण स्थलों पर ही सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये है सीकर जिले के लक्ष्मणगढ में कल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक वाहन से पौने दो लाख रूपये की राशि पकडी चालक द्वारा पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पुलिस ने यह राशि जब्त कर ली कोटा जिले में स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में पांच दिन पहले हुई करीब पौने दो करोड रूपये की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए कोटा जीआरपी और बाडमेर पुलिस ने बालोतरा और असाडा के रहने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश करने में जुटी है गौरतलब है कि कोटा रेल्वे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने पर आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था जयपुर में पुलिस ने हत्या के प्रयास और गोली चलाने के मामले में कल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेन्स विश्नोई गिर्रोह के दो शार्प शूटर सहित छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध पिस्टल और पांच जिन्दा कारतूस बरामद किये है पुलिस उपायुक्त विकास शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जोधपुर झुंझुन् हनुमानगढ सीकर और जयपुर के रहने वाले है आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी नकबजनी और हत्या के प्रयास करने के मामले दर्ज है चूरू जिले में मेगाहाईवे पर पडिहारा भोजासर के बीच बस और एक अन्य वाहन की टक्कर में देर रात को तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

उधर कोटा में कल ट्रक और कार की टक्कर में दो शिक्षको की मौत हो गयी

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया पुलिस ने ट्रक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है पाली जिले के भागली के पास एक टैम्पो की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दो लोगो की मौत हो गई

आज हनुमान जयंती है इस अवसर पर प्रदेशभर में हनुमान मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किये जा रहे है भगवान हनुमान जी की आकर्षक झांकिया संजाकर विशेष पुजा अर्चना की जा रही है

चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पर इस मौके पर प्रदेशभर से श्रद्वाल पहुंच रहे है

सीकर जिले के दादिया रामपुरा में हनुमान जयंती पर बजरंग मेले का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर आज शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी दौसा में हनुमान जयंती पर बजरंग मैदान से मोडा के बालाजी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई इसमें भगवान इनमान और रामदरबार की झांकियां प्रदर्शित की गई

झालावाड में आज संत पीपाजी की जयंती परम्परागत रूप से मनाई जा रही है इस अवसर पर जलद्र्ग गागरोन के पास पीपाजी धाम पर देशभर से विभिन्न संत पहंचे है यहां चार दिनों से धार्मिक आयोजन जारी है आज संतों की शोभायात्रा भी निकाली जायेगी बीकानेर के नोखा में भी पीपा जयंती पर जोरावरपुरा स्थित मंदिर में हवन के बाद शोभायात्रा निकाली गई प्रभू ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज प्रदेशभर में मनाया जा रहा है इस अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हो रही है मान्यता है कि सलीब पर चढ़ाए जाने के तीन दिन बाद प्रभु यीशु जीवित हो गए थे रविवार को जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवित होने को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे ग्रेट फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे भी कहा जाता है